श्री मोदी ने कहा है कि जहां भारत देशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है वहीं वैश्विक महामारी कोरोना ने भी हमारे देश को अपनी चपेट में ले लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को यह आशंका थी कि भारत कोरोना के असर से विश्व के लिए एक समस्या् बन जाएगा लेकिन आज अपने विश्वास और लचीलेपन से देश के लोगों ने विश्व का नजरिया बदल दिया है श्री मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और सम्पन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक हैं उन्होंने कहा कि चाहे ताली बजानी हो या कोरोना योद्दाओं के सम्मान में लैम्प जलाना हो या जनता कर्फ्यू लगाना हो अथवा देशव्यांपी लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करना हो देशवासियों ने दिखाया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी है

लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न हैल्पलाईन नम्बरों से लोगों को काफी राहत मिली है

इन नम्बरों के माध्यम से लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ साथ किरयाने का सामान भोजन आश्रय और दवाइयां प्रदान कर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

कुल्लू जिले में एक मात्र कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब कुल्लू जिला कोरोना मुक्त हो गया है

ऊना से हमारे जिला संवाददाता राजेश शर्मा ने बताया कि दूल्हे का भाई कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद जिला के एक कोविड केयर केंद्र में उपचारधीन है

दूल्हा दूल्हन सहित बारातियों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया और जांच रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद इन्हें घर भेज दिया गया है प्रतिरोधक पैक ऊना ज़िला के उपायुक्त संदीप कुमार ने आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाए गए रोग प्रतिरोधक पैक कोविड केयर सेंटर खड्ड में तैनात फ्रंटलाइन वर्कर्स को वितरित किया उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर खड्ड में तैनात सभी कर्मचारियों को यह पैक दिए गए ताकि सभी कर्मचारियों की इम्यूनिटी ठीक रहे और वह किसी बीमारी की चपेट में आने से बच सकें इसके साथ साथ उपचाराधीन मरीजों को डॉक्टरों की सलाह के साथ इसका सेवन कराया जाएगा

इस अवसर पर जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ एस के नाग ने कहा कि गुजरात में इस पैक का सकारात्मक असर देखने को मिला है वहां कोविड मरीजों में इन दवाओं का अच्छा प्रभाव सामने आया है जिससे उनके जल्दी स्वस्थ होने में मदद मिली है